सारण जिले में कोरोना वायरस से संक्रमण का संदिग्ध मामला सामने आया

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रवि शंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि मुद्दी भर लोग ही दिल्ली स्थित शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं जबकि बड़ी संख्या में लोग शांत हैं आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत को खंडित करने वाले लोगों को शाहीन बाग प्रदर्शन की आड़ में संरक्षण मिल रहा है उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में ट्रकड़े ट्रकड़े गैंग के सदस्यों को मंच उपलब्ध करा रहा है

जहां पर ट्कड़े ट्कड़े गैंग पीछे खड़े रहते हैं जहां पर मासूम बच्चों की मासूमियत को छलावा देते हुए उनसे प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जाता है श्री प्रसाद ने कहा कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों द्वारा मार्ग अवरूद्ध करने से लाखों लोग कार्यालय नहीं जा पाने द्रकानें बंद रहने और बच्चों के स्कूल न जा सकने से दुःखी हैं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि देश में गैर एनडीए शासित राज्यों की विधानसभा द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव पारित किया जाना असंवैधानिक है श्री चौधरी ने शेखपुरा के अतिथिशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाना और इसे लागू करना केन्द्र का ही क्षेत्राधिकार है कथित तौर पर देश विरोधी और राष्ट्र को बांटने वाली बात करने के आरोपी जेएनयू के छात्र शरजील इमाम की गिरफ्तारी के लिये दिल्ली पुलिस ने आज पटना में सब्जीबाग सहित कई इलाकों में छापेमारी की पुलिस ने उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है प्राथमिकी में उस पर पूर्वोत्तर और असम को भारत के नक्शे से मिटाने की बात कहने का आरोप है गौरतलब है कि कल पुलिस ने जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र अंतर्गत कई स्थानों पर छापेमारी की थी

सारण जिले में कोरोना वायरस से होने वाली सांस की संदिग्ध बीमारी का मामला सामने आया है चीन से हाल ही में लौटी छपरा की एक बालिका को वायरस के लक्षणों के साथ पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है इधर पड़ोसी देश नेपाल में एक छात्र के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद राज्य में नेपाल से लगी सीमाएं विशेषकर पूर्वी चम्पारण और अररिया सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई हैं चीन से बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने पटना और गया हवाई अड्डे पर अलर्ट जारी किया है विभाग ने कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण वाले यात्रियों को अपनी गतिविधियां रोकने का परामर्श दिया है इसके साथ ही विशेष परिस्थितियों में हेल्पलाइन नम्बर शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छह पर संपर्क किया जा सकता है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार अठाईस सौ करोड़ रूपये से अधिक की लागत से पाईप लाईन के जरिये गंगा का पानी गया बोधगया राजगीर और नवादा तक पहुंचायेगी श्री मोदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बलिया के दूबे छपरा गांव में गंगा यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि इसके लिये एक सौ नब्बे किलोमीटर लंबी पाईप लाईन बिछायी जायेगी और दो हजार इक्कीस तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे के तहत केन्द्र सरकार ने सबसे अधिक पांच हजार आठ सौ अंठावन करोड़ रूपये की बिहार में बावन परियोजनाओं को मंजूरी दी है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी दो हजार उन्नीस अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश भर में कल आयोजित की जायेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी पहली पाली सुबह दस बजे से साढ़े बारह बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से साढ़े चार बजे तक आयोजित की जायेगी परीक्षार्थियों को परीक्षा शूरू होने के आधे घंटे पहले तक ही परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश दिया जायेगा किसी भी स्थिति में परीक्षार्थियों को घड़ी बैग पर्स इत्यादि लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में छूटे लोगों को शामिल करने के लिए आज से प्रदेश में विशेष अभियान की शुरूआत की गयी एक महीने तक चलने वाले इस अभियान में प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित शिविरों के माध्यम से साठ वर्ष से अधिक उम्र के पात्र व्रद्धजन आवेदन कर सकते हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक तीन हजार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक के लेन देन का भुगतान डिजिटल माध्यम से हुआ है वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भूगतान को बढ़ावा देने के लिए बजट दो हजार उन्नीस बीस में कई प्रस्ताव किए हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में सेल डिवाइस के करीब ग्यारह लाख भीम आधार पे प्वाइंट हैं साउंड बाईट डिजिटल भूगतान को बढ़ावा देने और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की हैं पिछले तीन वर्षो में डिजिटल भुगतान लेनदेन में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है

डिजिटल लेन देन से पारदर्शिता बढ़ी है भ्रष्टाचार में काफी कमी आई है और गरीवों को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक सेवा में सुधार हुआ है दीपेन्द्र क्मार आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर दिन में धूप खिलने के बावजूद तेज पछुआ हवा और नमी बढ़ जाने के कारण लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली है मौसम विभाग के अनुसार अब भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है आज छह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पटना का न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान हवा की रफ्तार में कमी आने से औसत तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी लोक जनशक्ति पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया है प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज की नेतृत्व वाले एक सौ बाईस सदस्यों की कार्यकारिणी में दस को उपाध्यक्ष पच्चीस को महासचिव और ग्यारह सचिव बनाये गये हैं वहीं चार लोगों को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है राज्य में बिजली विभाग का निजीकरण किए जाने के विरोध में जूनियर इंजीनियर सहित सैकड़ों कर्मचारियों ने आज पटना के इनकम टैक्स चौराहा स्थित विद्यूत मुख्यालय का घेराव और प्रदर्शन किया इस दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें बारह से अधिक लोग घायल हो गए कटिहार जिले में कुरसेला के थानाध्यक्ष सदाबुल हक को निलंबित कर दिया गया है एक कारोबारी से लूट के मामले में जांच में शिथिलता के आरोप में यह कार्रवाई की गयी है दिनेश कुमार को नया थानाध्यक्ष बनाया गया है रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत पखणाड़ी गांव के पास पुलिस ने दो ट्रकों से भारी मात्रा में शराब बरामद की है इस संबंध में एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया जबकि दूसरा ट्रक चालक फरार हो गया शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत कबीरपुर गांव से हैदराबाद पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से एक ठग मिथिलेश पासवान को गिरफ्तार कर लिया मिथिलेश पर हैदराबाद में बड़ी रकम ठगी करने का आरोप है पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया मंडल कारा से स्थानीय जेल में पेशी के लिये लाया गया एक सजायाफ्ता कैदी आज पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया

सारण जिले में कोरोना वायरस से संक्रमण का संदिग्ध मामला सामने आया